मुख्यमंत्री ने कहा कोरोना की दूसरी लहर ज्यादा गंभीर लोग बरतें सावधानी मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई जिलों में लू चलने का येलो अलर्ट किया जारी कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें देश में आज से लोगों को कोविड संबंधी ऐहतियात का कड़ाई से पालन करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विशेष अभियान शुरू होगा

इसके अंतर्गत मास्क का शत प्रतिशत उपयोग करने सार्वजनिक स्थानों कार्यस्थलों और स्वास्थ्य केन्द्रो में साफ सफाई और लोगों को व्यक्तिगत स्वच्छता तथा आरोग्य के बारे में जागरूक बनाया जायेगा

एक ही दिन में नए मरीजों के आंकड़ों में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है

आज से शहर में नाइट कर्फ्यू का समय रात आठ बजे से सुबह छह बजे तक रहेगा शाम सात बजे तक सभी प्रतिष्ठान बंद करने के आदेश दिए गए हैं

वहीं पाली जिला मुख्यालय की नगरीय सीमा में रात साढ़े नौ से सवेरे पांच बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लगा दिया है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 इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रुखंला जनता का संदेश जनता के नाम में सुनिये हमारे श्रोता का संदेश

हमारे ऐसे श्रोता भी अपना संदेश भेज सकते हैं जो कोरोना वैक्सीन ले चुके हैं

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर ज्यादा गंभीर है और सरकार के साथ कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आम जन को भी सहयोग करना चाहिए राज्य में कोरोना मामलों की संख्या में हुई बढोतरी की देखते हुए श्री गहलोत ने कल देर रात तक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक समीक्षा बैठक ली बैठक में राज्य सरकार के प्रमुख अधिकारी जिला कलेक्टरों पुलिस अधीक्षकों के साथ विशेषज्ञ चिकित्सकों ने भाग लिया मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल के बारे में लोगों को जागरूक किया जाना जरूरी है उन्होंने लापरवाही बरतने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिये

उन्होंने बताया कि गृह विभाग द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन की सख्ती से पालना करने के निर्देश दिये गये हैं

जयपुर के आरयूएचएस अस्पताल में डे केयर की सुविधा भी शुरू कर दी गयी है स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि लोग बिना आवश्यक कार्य के घर ने बाहर न निकलें

देश आठ करोड़ कोविड टीके लगाने के करीब पहुंच गया है इस बीच केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने लोगों से कोविड संकमण के ऐहतियाती उपायों का कड़ाई से पालन करने की अपील की है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर सुबह साढे दस बजे वीडियो कांफ्रेंस के जरिये देशभर के पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे

मौसम विभाग ने आज कोटा बूंदी सवाईमाघोपुर झालावाड़ धौलपुर बूंदी करौली बारां चित्तौडगढ़ बाड़मेर जैसलमेर जोधपुर तथा बीकानेर में लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है